उन्होंने कहा कि रेलगाडियों के जरिए आक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया गया है उन्होंने कहा कि आक्सीजन एक्सप्रैस रेलगाड़ियों की तेजी से आवाजाही और राज्यों को चिकित्सीय आक्सीजन समय पर उपलब्ध करवाने के लिए ग्रीन कारीडोर बनाया जा रहा है नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़डा ने देश में कोरोना संकमण में बढ़ौतरी के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं से अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान शुरू करने को कहा है उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से सैनेटाइजेशन साफ सफाई और लोगों के बीच जागरूकता लाकर संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाने का आग्रह किया है नड़डा ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश इकाई अध्यक्षों के साथ वर्चअल बैठक में देश में कोविड स्थिति पर विचार विमर्श किया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि लोग कड़ाई से एहतियाती उपायों का पालन करें और इस महामारी के खिलाफ एकजुट प्रयास करें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज शिमला में उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे इस दौरान शिक्षण संस्थानों के अवकाश को आगे बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है इस बैठक में कोरोना संकमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने पर भी चर्चा होने की संभावना है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल हमीरपुर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार ध्रमल से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की नवरात्र चैत्र नवरात्र के सातवें दिन आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मां काल रात्रि की उपासना से प्रतिकूलताओं से उत्पन्न बाधाएं समाप्त होती हैं मां कालरात्रि ब्रह्मण्ड की सभी सिद्वियों की प्राप्ति के मार्ग खोल देती हैं प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित मंदिरों में श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण में वृद्वि लगातार जारी है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है हालांकि बीते कल राज्य के अधिक उंचाई वाले इलाकों में हिमपात जबकि निचले भागों में वर्षा हुई है मौसम विभाग ने अगले दो दिन राज्य के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गर्जन के बीच आलावृष्टि का यलो अर्लट जारी किया है एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को अमर उजाला ने सुर्खी दी है मरीजों के लिए दोगुनी होगी बेड क्षमता जबरदस्ती नहीं होंगे होम आइसोलेट दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अभी नहीं लगाएंगे लॉकडाउन जबकि हिमाचल दस्तक का शीर्षक है अगर जरूरत महसूस हई तो लेंगे लॉकडाउन जैसा कठोर निर्णय दैनिक भास्कर लिखता है संक्रमण स्ट्रडेंट्स में ज्यादा फैसल रहा दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है हिमाचल में एक मई तक बढ़ सकता है शिक्षण संस्थानों में अवकाश आज फैसला संभावित कोरोना काल में अब घर बनाना और भी महंगा शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है प्रदेश में सीमेंट के बाद अब सरिया टाइलें बिजली का सामान और मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ी

आपका फैसला ने लिखा है कोरोना संकमित वीरभद्र सिंह की हालत में सुधार

अमर उजाला लिखता है चोटियों पर बर्फबारी एक सप्ताह बंद रहेगा मनाली लेह मार्ग आपका फैसला के मुताबिक सोलंगनाला में बर्फ के बीच पर्यटकों ने की मस्ती स्किड होने से वाहनों को पहुंचा नुकसान